प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए कहा कि बाबा साहब के विचार और आदर्श लाखों लोगों को निरंतर प्रेरित केरते रहेंगे

प्रदेश में अनेक कार्यक्रमों में बाबा साहब को याद किया जा रहा है इंदौर जिले में स्थित डाक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली अंबेडकर नगर स्थित बाबा साहब के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है राजधानी भोपाल में उनकी प्रतिमा पर बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की इसके अलावा आकाशवाणी सहित केन्द्रीय कार्यालयों और संगठनों द्वारा भी श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया अम्बेडकर फिल्म सूचना और प्रसारण मंत्रालय का फिल्म इस अवसर पर डॉ अंबेडकर के जीवन और कार्यो पर एक वृत्त चित्र प्रदर्शित कर रहा है जिसे फिल्म प्रभाग की वेबसाइट और यू ट्यूब चैनल पर आज मध्य रात्रि तक देखा जा सकेगा भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी पर आधारित यह फिल्म एक विस्तृत और विश्लेषणात्मक फिल्म है विशेष रूप से यह दलितों के उत्पीड़न के खिलाफ उनके अथक अभियान को दर्शाती है हाईकोर्ट मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को प्रवासी मजदूरों के पुर्नवास के लिए निश्चित योजनायें बनाने को कहा है जिससे कि वे अपने गृह राज्य में जीवन यापन कर सकें

खंडपीठ ने राज्य सरकार के इस जवाब से असंतोष जाहिर किया कि प्रवासी मजदूरों के पुर्नवास के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं याचिका में कहा गया है कि दूसरे राज्यों में काम कर रहे प्रवासी मजदूरों को राज्य अपने घर वापस लौटने पर रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है अध्ययन केन्द्र वनमंत्री विजय शाह ने कहा है कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार के अनेक कदम उठा रही है उन्होंने कल खंडवा में युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए स्थापित किये जा रहे टंट्या भील अध्ययन केन्द्र के भवन के भूमिपूजन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि समाज को भी इस दिशा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए वनमंत्री ने पंधाना के विधायक राम दांगौरे द्वारा गरीब शिक्षित बेरोजगारों को प्रतियोगी परीक्षओं के लिए निशुल्क प्रशिक्षण देने के उददेश्य से इस अध्ययन केन्द्र की स्थापना की पहल करने की सराहना की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

क्रिकेट भारत और मेजबान ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन टवेन्टी टवेन्टी मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज सिडनी में खेला जा रहा है भारत ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया